प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी देर रात तक चला आयोजनों का दौर

राज्य के गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कल सागर में संवादाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि शिवराज के रथ पर सिर्फ पथराव ही नहीं हुआ था बल्कि उनकी हत्या की साजिश रची गयी थी सुरक्षा बलों की सजगता और सतर्कता के चलते साजिशकर्ता अपनी साजिश को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके

जिनमें दो महिलाएं भी शामिल है उधर कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि इस तरह के आरोप बेबुनियाद है मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है श्री सिंह ने प्रदेश के गृह मंत्री भूपेन्द्र सिंह से इस्तीफा देने की मांग की है उन्होंने कहा कि खुद की गलती छिपाने के लिये गृहमंत्री के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पूरी घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की नशामुक्ति प्रदेश को नशामुक्त बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के उददेश्य से शासन द्वारा जिले की एक नशामुक्त ग्राम पंचायत को एक लाख रूपये का पुरस्कार दिये जाने की योजना शुरू की गई है

जिसके तहत ग्राम सभा की बैठक के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत को नशामुक्त बनाने के प्रयास किये जायेंगे

उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू कल नई दिल्ली में एक समारोह में इन शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे

प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों में हाल के नये कलेवर के अनुरूप पारदर्शिता निष्पक्षता तथा उत्कृष्टता और प्रदर्शन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आधार बनाया गया है कांग्रेस सोशल मीडिया आगामी विधानसभा चुनाव में सोशल मिडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी कवायद शुरू कर दी है पार्टी की आईटी शाखा के प्रमुख अभय तिवारी ने एक पत्र लिखकर पार्टी के सभी प्रदाधिकारियो और टिकट की मांग करने वाले उम्मीदवारों से सोशल मीडिया में अपनी उपस्थिति साबित करने को कहा है पत्र में आगे कहा गया है कि फेसबुक पेज पर कम से कम पन्द्रह हजार फलोअर्स और पांच हजार ट्वीटर खाते होना चाहिये साथ ही प्रत्येक उम्मीदवार के लिये पार्टी के अधिकारिक फेसबुक और ट्वीटर खातों की ट्वीटस और पोस्ट साझा करना भी अनिवार्य है

इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान विभिन्न स्थानों पर रथ सभाएं जनसभाएं करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व श्भारंभ करेंगे उज्जवला योजना केन्द्र सरकार की महात्वाकांक्षी उज्जवला योजना से प्रदेश में भी गरीब महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस का वितरण किया जा रहा है एक मई दो हजार सोलह से शुरू हई इस योजना से ग्वालियर जिले में गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में भी खुशहाली आई है ग्वालियर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की जीवन में आशा की नई किरण नजर आ रही है

भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में श्रद्दालुओं की भीड़ रही और देर रात तक धार्मिक आयोजनों का दौर चलता रहा मुख्यमंत्री निवास में सर्वघर्म समभाव की परंपरा को आगे बढाते हुए श्री कृष्ण जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान श्रीकृष्ण से कृपा की वर्षा करने की प्रार्थना की है उन्होंने कहा है कि प्रगति और विकास पथ पर प्रदेश देश लगातार उन्नति करे सबके जीवन में सुख समृद्धि रिद्वी सिद्दी आये मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भक्तगणों का आव्हान किया कि भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में लीन हो जायें श्री चौहान ने बताया कि भोपाल सेंट्रल जेल के कार्यक्रम में बंदियों के भक्ति रंग को देख वे अत्यंत प्रभावित हुये उन्हें कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिये आमंत्रित किया उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अच्छा इंसान जिंदा रहता है कई बार विपरीत परिस्थितियों वश जेल जाना पड़ता है आपातकाल के दौरान उन्हें भी भोपाल जेल में रहना पड़ा था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भी कारागार में हुआ था

इस मौके पर उन्होने जेलों में महिला बंदियों को दैनिक उपयोग में काम आने वाली बिन्दी चूड़ी सिन्द्र हेयरबैंड और प्रूष बंदियों के लिये ट्थपेस्ट ब्रश सेविंग सामग्री प्रदान करने के विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी श्री चौहान कल केन्द्रीय जेल भोपाल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी उत्सव समारोह को संबोधित कर रहे थे केन्द्रीय जेल में मुख्यमंत्री ने श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की झाँकी का अवलोकन किया भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं पर भजन गायन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए मुख्यमंत्री ने इंदौर और सागर में खुली जेलों का भी ई लोकार्पण किया इस अवसर पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जेल मंत्री अंतर सिंह आर्य जन्मोत्सव में मौजूद थे मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में आज बीस जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है

बुंदेलखंड क्षेत्र में बीते दो दिन से जारी बारिश ने टीकमगढ और दतिया जिले को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है ओरछा में बेतवा नदी उफान पर है जिससे निचले हिस्सो में जल भराव की स्थिति निर्मित हो गयी पर्यटन नगरी का जिले के साथ ही झांसी से भी संपर्क कुछ समय के लिए टूटा रहा मुरैना जिले में लगातार बारिश के चलते कोतवाल और पिलुआ डेम का जल स्तर बढ़ने से उनका एक एक गेट खोला गया है आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के लोगों को जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है राजधानी भोपाल में पिछले एक सप्ताह से रिमझिम फहारों के दौर से आज हल्की राहत है

जिससे आवागमन बाधित हुआ छिंदवाड़ा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व ध्रमधाम से मनाया गया

श्री राधा कृष्ण मंदिर से विशाल वाहन रैली निकाली गई डिण्डोरी जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भजन पूजन का सिलसिला चलता रहा